कल मुंगेर में राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा सुपुर्दे खाक

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढाने और कंटेनमेंट जोन तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है कोविड और इससे होने वाली मौतों के मामलों में बढोत्तरी वाले राज्यों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करे ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटि दर पांच प्रतिशत या उससे नीचे ही बनी रहे केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इस संबंध में उचित और सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है प्रदेश में अब तक बत्तीस लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक लाख चौहत्तर हजार छिहत्तर लोगों को टीके दिये गये अब तक दिये गये कुल टीकों में से सत्ताईस लाख छियासठ हजार एक सौ सैंतालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख तिरपन हजार एक सौ इक्यावन लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश भर में अब तक सात करोड़ तीस लाख चौवन हजार लोगों को टीके दिए जा चुके हैं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 पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के छह सौ बासठ नये मामले सामने आये हैं पटना में सबसे अधिक दो सौ सतासी मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा गया से पैंतीस भागलपुर से इकतीस और जहानाबाद से तीस मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं राज्य में अभी सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार तीन सौ तिरसठ हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दो सौ चार मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दे दी गयी इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कोरोना संक्रमित हो गए हैं श्री झा ने ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की प्रष्टि की है वहीं नालंदा जिले के साठोपुर मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षिका की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने स्कूल को आगामी तीन दिनों के लिये बंद करने का आदेश दिया है वहीं नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि स्कूल के सभी कर्मियों और बच्चों को चिन्हित कर कोरोना जांच कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क और दो गज की दूरी अपनाने को कहा है श्री कुमार ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए जिला में अट्टारह कंटेनमेंट जोन बनाये जा रहे हैं राज्य सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को जांच की संख्या बढ़ाने और प्रभावितों के संपर्क में आने वालों की पहचान करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही पटना एम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला तथा सदर अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने को भी कहा गया है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एम्स पटना के साथ लगातार संपर्क बनाये रखने की सलाह दी गयी है प्रधान सचिव ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य भर में पांच सौ बाईस कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं इनमें से तीन सौ पैंतालीस ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि एक सौ सतहत्तर शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने चिंता व्यक्त की है श्री पांडेय ने राज्य के लोगों से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ टीका लेने की भी अपील की है उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचे और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले श्री पांडेय ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों के अलावा हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रैंडम जांच करायी जा रही है उन्होंने सभी सिविल सर्जन को संक्रमण वाले क्षेत्रों में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में चौवालीस हजार से अधिक मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी भी दी गयी है स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गई है इस समय देश में सक्रिय मरीजों की संख्या छह लाख अंठावन हजार से अधिक है इमारत ए शरिया बिहार झारखंड और ओड़िशा के अमीर ए शरियत हजरत मौलाना वली रहमानी का आज पटना में निधन हो गया है वे अठहत्तर वर्ष के थे सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था पूर्व विधान पार्षद वली रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और खानकाह रहमानी मुंगेर के सज्जादानशीं भी थे कल दोपहर बाद मुंगेर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जायेगा अमीर ए शरियत मौलाना वली रहमानी के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के सभापति अवधेश कुमार सिंह ने गहरा दुख जताया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि वली रहमानी का नाम बिहार और देश के मशहूर इस्लामी विद्वानों में शामिल हैं वे रहमानी थर्टी के संस्थापक भी थे मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलाना वली रहमानी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी मौलाना रहमानी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है नवादा में संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौत के लिए गठित जांच कमिटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है जांच टीम के अध्यक्ष अमृत राज ने आज नवादा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मौत की घटना में जहरीली शराब से इंकार नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी है वहीं जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने पन्द्रह लोगों की मौत के प्रष्टि करते हुये कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी पुलिस अधीक्षक सायली ध्ररत ने कहा कि पांच लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और गोंदापुर के चौकीदार विकास कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए नवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाये गये अध्यायों और विषयों को अगामी शैक्षणिक सत्र दो हजार इक्कीस बाईस में बहाल कर दिया गया है पिछले वर्ष सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाते हुए साल दो हजार बीस इक्कीस के लिए नवीं से बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में तीस प्रतिशत कटौती कर दी थी कोविड को देखते हुए छात्रों का बोझ कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड महामारी के दौर में पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करने वाले रेलकर्मियों और उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है सभी रेलकर्मियों को संबोधित एक पत्र में श्री गोयल ने कोविड जैसे अभूतपूर्व संकट में उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की है बाईट अपने पत्र में श्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेल परिवार ने खुद को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है और जब पूरा राष्ट्र हार गया था तो रेल कर्मचारियों ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और जोखिम में भी पहले ज्यादा परिश्रम करते रहे ताकि अर्थव्यवस्था के पहियों को चालू रखे जा सके रेलवे आवश्यक वस्तुओं के निर्बाघ आपूर्ति सुनिश्चित की चाहे वो बिजली संयत्रों के लिए कोयला होया उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान

किसान रेल सेवा देश के अन्नदाताओं को देश के बाजारों से जोड़ने का माध्यम साबित हुआ

वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में छह हजार से ज्यादा रेल रूट किलोमीटर विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा किया गया सौभाग्य कार के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश भर का मौसम शुष्क बना हुआ है इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार के अनुसार पछ्आ हवा के प्रभाव से अधिकांश भागों में गर्मी में बढ़ोतरी हो सकती है

केन्द्र सरकार राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में टीबी मुक्ति जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाते हुये यह बातें कही श्री चौबे ने कहा कि इस योजना से जिले के सभी एक सौ बयालीस पंचायतों को लाभ मिलेगा पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार से पंजाब में बिहारी मजदूरों को तय समय सीमा से अधिक समय तक काम कराने के मामले में जांच का आग्रह किया है श्री मोदी ने कहा कि पंजाब से अंठावन ऐसे मजदूरों को मुक्त कराया गया है जिन्हें नशा देकर अधिक घंटे तक काम कराया जाता था राज्य सरकार पश्चिम चंपारण जिले को पर्यटन हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है महात्मा गाँधी महात्मा बुद्ध और बेतिया राज से जुड़े जिले के ऐतिहासिक धरोहरों सहित अन्य मनमोहक तथा आकर्षक प्राकृतिक स्थलों को विकसित किया जायेगा जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार ने पर्यटन विभाग की ओर से शुरू किये गये सर्वे और स्थलीय निरीक्षण के बाद कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के पिरिंडा गांव के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन की टक्कर से जदयू के प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता प्रगति मेहता घायल हो गए इस घटना में दो अन्य लोग भी घायल हो गए नालंदा जिले के दीपनगर नूरसराय और रहुई थाना क्षेत्रों में अलग अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के बड़हरी पथ पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक ठेला चालक की मौत हो गयी वहीं एक अन्य घायल हो गया बेतिया पुलिस ने अडतालीस घंटे के भीतर चोला मंडलम बैंक लूट कांड का खुलासा कर दिया है पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि इस मामले में एक अपराधी को हथियार और लूट की मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरपुर के लगभग चार सौ स्कूलों को अतिक्रमण से जल्द ही मुक्त किया जाएगा विधानसभा के उपाध्यक्ष और विधायक महेश्वर हजारी ने समस्तीपुर जिले के रामभद्रपुर गांव के छक्कन टोली में कल अगलगी की घटना में मारे गये तीन लोगों के परिजनों को आज अनुग्रह अनुदान के तौर पर चार चार लाख रूपये का चेक प्रदान किया

कल मुंगेर में राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा सुपुर्दे खाक